उन्होंने कहा है कि सभी क्वारेंटाइन सेंटरों में नोडल अधिकारी तैनात किए जाए और यहां रह रहे सभी लोगों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम गठित कर आवश्यक दवाओं के साथ क्वारेंटाइन सेंटरों में तैनात किया जाए साथ ही यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई की जाए गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए उन्नीस हजार से अधिक क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं इनमें वर्तमान में दो लाख तेईस हजार से अधिक लोग रह रहे हैं इस बीच प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर कोरोना वायरस की रोकथाम में विफल होने का आरोप लगाया है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि क्वारेंटाइन सेंटरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं श्री शर्मा ने कहा कि क्वारेंटाइन सेंटरों में पौष्टिक आहार दिए जाने की जरूरत है साथ ही स्वास्थ्य जांच के लिए भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए श्री शर्मा ने राज्य सरकार से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच और तेज करने की मांग की है

इसी कड़ी में प्रदेश के एक सौ अस्सी प्रवासी मजदूरों को लेकर बैंगलूरू से विशेष विमान आज रायपुर पहुंचा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि बैंगलुरू और हैदराबाद विधि विश्वविद्यालय के छात्रों के सहयोग से इन श्रमिकों को विशेष विमान से रायपुर लाया गया है श्री बघेल ने बताया कि कल पांच जून को भी एक सौ चौहत्तर श्रमिक विशेष विमान के जरिये रायपुर आएंगे इन श्रमिकों की चिकित्सा जांच के बाद उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाएगा बाद में सभी को उनके गृह जिले में क्वारेंटाइन किया जाएगा विमानतल से उनके गृह जिले भेजने का इंतजाम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है इधर जम्मू कश्मीर से तीन बसों के जरिये रायगढ़ पहुंचे श्रमिकों ने क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया बाद में पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद वे वापस क्वारेंटाइन सेंटर लौटे प्रवासी मजदूर राशन एपीएल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सभी प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों को उचित मूल्य की दुकानों से तीस जून तक निःशुल्क खाद्यान्न और चना उपलब्ध कराया जाएगा इसके लिए उन्हें पंजीयन कराना होगा इस योजना के तहत मई और जून महीने के लिए प्रतिमाह के हिसाब से प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल और एक किलो चना प्रति कार्ड दिया जाएगा इसके तहत बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्तियों के लिए ऑफलाइन आवेदन के साथ अब ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है इसके अलावा खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रवासी मजदूर और व्यक्ति अपना पंजीयन सीधे खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाइट में कर सकते हैं या जिला प्रशासन के माध्यम से करवा सकते हैं प्रवासी मजद्रों और व्यक्तियों के पंजीयन की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है इस बीच राज्य के खाद्य विभाग ने कहा है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य एपीएल राशन कार्ड में परिवर्तन करने या राशन कार्ड समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है विभाग ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश में एपीएल राशन कार्ड बनाने की कार्रवाई निरंतर जारी है कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में बीते चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित बावन नए मरीज मिले हैं इनमें सबसे अधिक बीस मरीज जांजगीर चांपा से हैं जबकि महासमुंद से बारह जशपुर से छह बलौदाबाजार से चार बालोद से तीन दूर्ग राजनांदगांव और रायप्र में दो दो तथा रायगढ़ में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज समाचार लिखे जाने तक प्रदेश में कोरोना पॉजीटिव कुल पांच मरीज मिले हैं जिनमें रायपुर में तीन और महासमुंद जिले के दो मरीज शामिल हैं रायपुर शहर के देवपुरी रामसामगर पारा और उरला इलाके में आज एक एक संक्रमित मरीज मिला है वहीं महासमुंद जिले में पिथौरा विकासखंड के बड़े लोरम में एक और झापी महुआ इलाके में एक महिला संक्रमित पाई गई है पुलिस प्रशासन इन सभी संक्रमित मरीजों के आसपास के क्षेत्रों और इनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश कर रही है साथ ही सभी क्षेत्रों को सैनेटाईज कर सील करने की कार्रवाई भी चल रही है उच्चतम न्यायालय प्रतिबंध उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान कर्ज को ब्याज मुक्त करने पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है इससे पहले रिजर्व बैंक ने कहा था कि बैंको पर कर्ज को ब्याज मुक्त करने के लिए दबाव डालने से उनके वित्तीय हालात बिगड़ सकते हैं इस मामले में केन्द्र सरकार से बारह जून तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है इसके बाद मामले की आगे सुनवाई होगी कोरोना विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी का कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारण किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी को सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे

मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने पूर्व कलेक्टर जनक पाठक पर उसके साथ द्ष्कर्म किए जाने की शिकायत की है इधर पूर्व कलेक्टर पर दुष्कर्म की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव आरपी मंडल को पूरे प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय दल से कराने के निर्देश दिए हैं इस बीच खबर मिली है कि राज्य सरकार ने जनक पाठक को निलंबित कर दिया है शिक्षक बर्खास्त रायगढ़ जिले में पंद्रह सहायक शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है मिली जानकारी के अनुसार वर्ष दो हजार सत्रह में कलेक्टर जनदर्शन में सत्ताईस शिक्षकों के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने की शिकायत की गई थी शिकायत के आधार पर तत्कालीन कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे जांच में सारंगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी ने पंद्रह शिक्षकों को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का दोषी पाया इसके बाद जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इन पंद्रह शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया

यह छूट इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक लागू रहेगी राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे आवासीय मकान और फ्लैट्स जिनका मूल्य पचहत्तर लाख रूपये से कम या बराबर है उनके पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इससे पहले भूमि की खरीदी बिक्री में शासकीय गाइडलाइन दरों में तीस प्रतिशत छूट की घोषणा की है कौशिक बयान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी चौदह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से राज्य के किसानों में हर्ष की लहर है उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि केन्द्र सरकार की किसानों के प्रति लगाव को प्रदर्शित करती है श्री कौशिक ने छत्तीसगढ़ सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले धान का समर्थन मूल्य पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था लेकिन सरकार बनने के बाद प्रदेश के किसानों को अट्ठारह सौ पंद्रह रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया गया नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर कृषि लागत बढ़ाने का भी आरोप लगाया गज आतंक बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में इन दिनों हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं मिली जानकारी के अनुसार अट्ठारह हाथियों के दल ने लिलौटी गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में छह से अधिक घरों को तोड़ दिया वहीं घरों के अंदर रखे महुएं और अनाज को भी खा गए सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम क्षतिपूर्ति का आंकलन कर रही है इधर गरियाबंद जिले में विचरण कर रहा हाथियों का दल मगरलोड वन परिक्षेत्र में पहुंच गया है जिसके बाद मोहेरा रेंगाडीह अमलीडीह हथबंड परसा और ब्रुढ़ा क्षेत्र के ग्रामीणों को मुनादी कर आगाह किया गया है इस बीच आज वनमंडल अधिकारी राजाडेरा पहुंचे उन्होंने ग्रामीणों को घर पर रहने की सलाह दी साथ ही कच्चे मकान के रहवासियों को पड़ोसी के पक्के मकान या सामुदायिक भवन में रहने को कहा इस मौके पर वनमंडल अधिकारी ने बताया कि हाथियों के दल पर लगातार निगरानी रखी जा रही है साथ ही उन्हें खदेड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से दो विशेषज्ञों को भी ब्लाया गया है माओवादी घटना बीजापुर जिले में पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है बताया जाता है कि थाना कुटरू को अंतर्गत पुलिस बल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान नीलवाया के जंगल में माओवादी को विस्फोटक लगाते हुए गिरफ्तार किया गया वहीं कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है बताया जाता है कि सुरक्षा बलों का दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान छिंदखड़क की पहाड़ियों में घात लगाए बैठे माओवादियों ने जवानों पर अचानक हमला कर दिया सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी पहाड़ियों की आड़ लेकर भाग खड़े हुए मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से पांच किलो का प्रेशर कुकर बम दो नग पिटठ बिजली वायर और भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है इस बीच कांकेर पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे ने माओवादी अभियान में तेजी लाने के लिए बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक ली बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती आधारभूत अधोसंरचना को बेहतर करने और आपसी समन्वय के संबंध में चर्चा की गई अपहरण आरोपी गिरफ्तार महासमुंद जिले में दो नाबालिगों के अपहरण के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है मिली जानकारी के अनुसार जिले के पटेवा और तुमगांव क्षेत्र के रहने वाले छह लोगों ने दो नाबालिगों का अपहरण कर उनके परिजनों से फिरौती की मांग की थी बसना पुलिस ने सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी छह आरोपियों को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तिरपन में स्थित एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया इस सफलता पर आईजी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पच्चीस हजार रूपये का इनाम दिया है विश्व पर्यावरण दिवस कल विश्व पर्यावरण दिवस है इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नागरिकों से पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पण भाव से एकजुट होकर प्रयास करने का आव्हान किया है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि पर्यावरण सुष्टि का अमूल्य उपहार है और इसे हमें सहेज कर रखना होगा वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पर्यावरण सुधार के लिए पांच करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है श्री बघेल ने कहा कि हमें अपने आसपास के वृक्षों को कटने से बचाने के अलावा वृक्षारोपण करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए सभी लोगों को पर्यावरण बचाने का संकल्प लेना चाहिए कबीर जयंती राज्यपाल राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीर जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि संत कबीर महान कवि के साथ समाज सुधारक भी थे उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जनता में भाईचारा प्रेम और सदभावना का संदेश दिया है राज्यपाल ने कहा कि संत कबीर के दोहे मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाने का कार्य करते हैं वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि सत्य अहिंसा दया करुणा परोपकार और सामाजिक समरसता के संत कबीर के संदेश को छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी आत्मसात किया है कबीरधाम से लेकर दामाखेड़ा तक उनके अनुयायियों ने आज भी उनके विचारों की अलख जगा रखी है उन्हीं के जीवन मूल्यों को लेकर ही हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं सीएस दुर्ग मुख्य सचिव आरपी मंडल ने दूर्ग के कलेक्टोरेट परिसर में नया रजिस्ट्री भवन बनाने के निर्देश दिए हैं कल अपने दुर्ग प्रवास के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि एक ही परिसर में सभी सरकारी कार्यालय होने से लोगों सुविधा मिलेगी

श्री मंडल ने योजना के बारे में बताया कि को बेहतर कलेक्टोरेट परिसर में सुंदर लैंड स्केपिंग की जाएगी साथ ही लोगों के बैठने और इंतजार करने के लिए उपयोगी भवन बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के दौरान नक्शा इस तरह बनाया जाएगा कि यहां लगे पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी और मध्य भाग में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि निसर्ग चक्रवात कमजोर होकर पश्चिम विदर्भ के अकोला के पास स्थित है इसके उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है जिसके कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश अथवा गरज चमक के साथ छीटें पड़ने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है इस बीच आज जगदलपुर अंबिकापुर और कोरिया में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई जिससे क्षेत्र का तापमान कम हो गया है

इसी तरह दुर्ग जिले में नौकरी लगाने के नाम पर पच्चीस लाख रूपये की ठगी करने वाली एक निजी स्कूल की प्राचार्या सहित तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई